बैठक में श्रीमती सीतारमन क्रेषि क्षेत्र के विकास को तेज करने और किसानों की आमदनी दुगुनी करने के बारे में विभिन्न कृषि संगठनों और कृषि अर्थशास्त्रियों के विचार जाने वित्तमंत्री आज बाद में औद्योगिक और व्यापारिक संगठनों से भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और औद्योगिक उत्पादकता बढ़ाने सहित विभिन्न मुद्दों पर राय मश्विरा करेंगी अगले महीने की पांच तारीख को केन्द्रीय बजट प्रस्तुत किया जायेगा मध्य प्रदेश के भाजपा सांसद वीरेंद्र कुमार लोकसभा के अस्थाई अध्यक्ष होंगे आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अस्थाई अध्यक्ष के रूप में श्री कुमार लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करेंगे और नव निर्वाचित सांसदों को पद की शपथ दिलाएंगे

श्री कुमार टीकमगढ़ से लोकसभा चुनाव जीतकर सातवीं बार संसद के सदस्य बने हैं नवगठित सत्रहवीं लोकसभा का पहला सत्र सत्रह जून से छब्बीस जुलाई तक चलेगा उच्चतम न्यायालय ने आज पत्रकार प्रशांत कनौजिया को जमानत दे दी कनौजिया को उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सोशल मीडिया में कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के लिए गिरफ्तार किया गया था न्यायमूर्ति इन्दिरा बैनर्जी और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा कि स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार है जिसको लेकर कोई समझौता नहीं किया जा सकता लेकिन पीठ ने यह भी कहा कि जमानत पर छोड़ने का मतलब यह नहीं कि अदालत सोशल मीडिया पर पत्रकार के टवीट्स और पोस्टस् का अनुमोदन करती है न्यायालय ने पत्रकार की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह व्यवस्था दी जीएसटी परिषद ने करदाताओं की सुविधा के लिए नई जीएसटी विवरणी प्रणाली शुरू करने का फैसला किया है एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि इसके लिए एक योजना बना ली गई है जिससे नई प्रणाली को अपनाना आसान हो जायेगा जीएसटी की वेबसाइट पर इसका ऑफलाइन फार्म जारी कर दिया गया है कैलाश मानसरोवर यात्रा आज से शुरू हो गई केन्द्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली से पहला जत्था रवाना किया इस अवसर पर उन्होंने कहा हमें यात्रा के लिए करीब तीन हजार आवेदन मिले अभी हाल ही में हमने जो कदम उठाए हैं उनमें नाथुला मार्ग यात्रा को हमने वाहनों से यात्रा के लिए खोल दिया है यात्रा के संचालन से सम्बद्ध सभी सरकारी एजेंसियों से यात्रा के दौरान सुरक्षा और संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा गया है विदेश मंत्री ने तीर्थयात्रा के आयोजन में चीन के सहयोग की सराहना की है उन्होंने कहा कि यह लोगों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है

मेरा पति मेरा बेटा भी साथ जा रहे हैं

अमर षहीद राम प्रसाद बिस्मिल की एक सौ बाईसवीं जयंती आज प्रदेष भर में श्रद्वाभाव से मनायी गयी लखनऊ में इस अवसर पर बिस्मिल की प्रतिमा पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गयी उनकी जन्मस्थली षाहजहांप्र में भी विभिन्न स्थानों पर आज संगोश्ठियों के आयोजन किये गये और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया गया जौनपुर में मोमबत्ती जलाकर काकोरी काण्ड के महानायक पंडित बिस्मिल को याद किया गया गोरखपुर मण्डलीय जेल में बिस्मिल के षहादत स्थल पर इस अवसर पर सहभोज का आयोजन किया गया पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म ग्यारह जून अट्ठारह सौ सत्तानबे को प्रदेष के षाहजहांपुर जिले में हुआ था और उन्हें सत्रह दिसम्बर उन्नीस सौ सत्ताईस को गोरखपुर के जेल में फांसी दे दी गयी थी प्रदेष में भीशण गर्मी का प्रकोप जारी है बुन्देलखंड और पूर्वांचल के कई जिलों में लोग गर्मी और उमस की वजह से परेषानियों का सामना कर रहे हैं पिछले छत्तीस घंटों के दौरान बांदा राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा जहां उन्चास दषमलव दो डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया जबकि इलाहाबाद दूसरा ऐसा स्थान है जहां अड़तालिस दषमलव नौ डिग्री सेल्सियस तापमान रिकार्ड हुआ उधर पूर्वांचल के मऊ जिले में भी लोग गर्मी से परेषान हैं यहां तापमान चौवालीस डिग्री सेल्सियस तक पहंच गया है मौसम विभाग ने प्रदेष में तेज़ गर्मी से कोई राहत न मिलने की संभावना जताई है हालांकि अगले दो दिनों के दौरान कही कही गरज चमक के साथ धूल भरी आंधी और हल्की बारिष का अनुमान भी व्यक्त किया है